प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर बल दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के प्रति भरोसा स्थापित करने में गणना संबंधी पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेनदारी है

उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आने वाले समय में और बहुत कुछ किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि रेज शिखर सम्मेलन इस बारे में विचार विमर्श को बढावा देने का कारगर माध्यम साबित होगा उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव के सम्मिलित प्रयास से दुनिया की बेहतरी के लिए बहत कुछ किया जा सकता है भारत को इस बात का अनुभव है कि प्रौद्योगिकी से पारदर्शिता और सेवाओं की आपूर्ति बढ़ती है कोरोना महामारी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत की डिजिटल तैयारी इससे निपटने में कितनी सहायक रही राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना के नये संक्रमितों से ज्यादा संख्या स्वस्थ होकर घर जाने वालों की रही

राज्यभर में अबतक अठठासी हजार छब्बीस कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि छिहतर हजार आठ सौ तैंतालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या दस हजार चार सौ छत्तीस है वहीं दूसरी ओर राज्य भर में कल चार कोरोना संक्रमितों की मौत हो गयी इनमें रांची पूर्वी सिंहभूम धनबाद व पसिंहभूम के एक एक संक्रमित शामिल हैं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

शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल फिर से खोलने के बारे में मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की है

इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है दिशा निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से संबद्ध है दिशा निर्देशो में लॉकडाउन के दौरान घर पर आधारित स्कूली शिक्षा से स्कूल प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक स्कूल शिक्षा में सुचारू परिवर्तन पर बल दिया गया है शिक्षकों से कहा गया है कि वे आईटी के अपने कौशल को बढाये ताकि कक्षा में उसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा मानदंड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संसाधनों के इस्तेमाल की आवश्यकता बताई गई है इधर झारखंड शिक्षा परिषद के निदेशक डॉ शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हए पंद्रह अक्टूबर से स्कूल नहीं खोले जाएंगे उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के बाद स्कूल खोलने का नया प्रस्ताव तैयार किया जाएगा

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की वर्जुअल बैठक में इस सहमति पत्र पर दस्तखत होंगे

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

ये दोनों ट्रेनें अभी सप्ताह में तीन दिन ही चल रही हैं ये दोनों ट्रेनें आज से टाटानगर और चक्रधरपुर स्टेशनों पर भी रुकेंगी इन दो ट्रेनों के शुरू हो जाने से कोलकाता से झारखंड आने वालों के साथ साथ यहां से ओड़िशा समेत अन्य राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी रांची रेल डिवीजन से ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए सांसद संजय सेठ और डीआरएम नीरज अंबष्ठ ने कल रांची रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया निरीक्षण के बाद सांसद ने कहा कि पिछले दिनों वह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिले थे और रांची से विभिन्न जगहों के लिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए ट्रेन परिचालन शुरू करने की मांग की थी उन्होंने रांची लोहरदगा रांची दुमका इंटरसिटी रांची पटना रांची कोलकाता और रांची जयनगर ट्रेन चलाने की मांग की थी सांसद संजय सेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर जनहित में ट्रेन परिचालन शुरू कराने की मांग की गयी है रेलवे ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद कई ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा रांची जिले के मांडर स्थित मुड़मा पुल के निकट बने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसुलने की तैयारी पर ग्रामीणों ने कल फिर से रोक लगा दी है एक अक्तूबर को टोल टैक्स की वसूली का कार्य बंद करा दिये जाने के बाद एक बार फिर से इसकी तैयारी की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण लाठी डंडे से लैस होकर टोल प्लाजा पहुंचे और वाहनों की इमरजेंसी पासिंग के लिए बनाये गये तीसरे लेन के टेंपररी डिवाइडर को भी सड़क से हटा दिया संक्षिप्त खबर रांची के कांके रिंग रोड के पास कल सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई दुर्घटना के बाद गुस्साये ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी थी जिन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर हटाया

साथ ही जिस बोलेरो से गांजा ले जाया रहा था उक्त बोलेरो को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है यह जानकारी गढ़वा एसडीपीओ बहामन दूटी ने कल एक प्रेसवार्ता आयोजित कर दी अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंद्रह अक्टूबर से स्कूल खोलने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश की खबर को राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है संक्रमण मुक्त रखना होगा स्कूल तीन हफ्ते तक कोई मूल्यांकन नहीं शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित की है वहीं दैनिक भास्कर का शीर्षक हैं केंद्र ने कहा पंद्रह से खुलेंगे स्कूल कोचिंग झारखंड बोला जबतक कोरोना कंट्रोल नहीं होगा नहीं खोलेंगे स्कूल जबकि रांची एक्सप्रेस को शीर्षक है पंद्रह से स्कूल खोले जाने को लेकर एसओपी जारी भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच वायु सेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की चेतावनी की खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है वायुसेना दोहरे मोर्च पर जंग को तैयार वहीं अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स ने लिखा है चीन के किसी भी खतरे को भारत संभाल सकता है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना को लेकर जारी अनुमान की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है दुनिया का हर दसवां व्यक्ति कोरोना से हो चुका है संक्रमित केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को बीस हजार करोड़ रूपये की जीएसटी मुआवजा की घोषणा की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाईम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है